राफेल सौदा उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई को एफआईआर दायर करने का निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया प्रधान न्यायधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमान की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति गोगोई ने फैंसला पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है राफेल प्रतिक्रिया उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे से भारत की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित दोनों संरक्षित हुए हैं उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे देश की लड़ने की क्षमता में वृद्धि हुई है उन्होंने यह भी कहा कि इस सौदे के बारे में बहुत सी झूठी बातें फैलाई गई लेकिन ऐसी बातें अधिक समय तक नहीं टिक पाती और यही कारण है कि ऐसा करने वालों को हर तरह से शिकस्त मिली है वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राफेल सौदे के बारे में कोर्ट का फैसला राजनैतिक फायदा उठाने के लिये कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा गलत सुचनायें फैलाने का अभियान का पर्दाफाश कर देता है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस राफेल सौदे में जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी कमलनाथ शपथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ प्रदेश के नये मुख्यमंत्री होंगे

गौरतलब है कि कल शाम भोपाल में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगाई गई विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता एकेएन्टोनी ने बताया कि श्री नाथ को विधायक दल का नेता मनोनीत किया गया है बाद में सांसद ज्योतिरादित्य ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिसे विधायकों ने सर्व सम्मति से अनुमोदित कर दिया

कांग्रेस महासचिव के सी वेण्गोपाल ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है इस मौके पर श्री गहलोत ने राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर दिये जाने के लिए सबको धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने चुनाव के दौरान बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के मुद्दे उठाये थे और मुख्यमंत्री के रूप में वे इन को पूरा करने के लिए काम करेंगे उधर छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है महिला किसान पुरस्कार प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी सुन सकते प्रतिभा पर्व प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जारी प्रतिभा पर्व का आज दूसरा दिन था विद्यार्थियों के दक्षता आंकलन करने और शैक्षिणक सुधार के मकसद से आयोजित किये जा रहे इस तीन दिवसीय आयोजन में पहले दो दिन विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया तीसरे और अंतिम दिन कल विद्यालयों के वार्षिक उत्सव के लिये शिक्षक और अभिभावकों के उपस्थिति में विशेष बालसभा आयोजित की जायेगी जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा

इन सभी अधिकारियों को पहले ही उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है

इस दौरान भोपाल से पहुंचें अरूण भार्गव ने स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

मौसम पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर प्रदेश के मौसम पर दिखना शुरू हो गया है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में कमी आई है

आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में आकाशवाणी संवाददाता राशिद अहमद खान ने भोपाल मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ जी डी मिश्रा से बात की